केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्द्वशहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की चक़वाती तूफान तौकते का असर प्रदेश में शुरू नुकसान की आशंका को देखते हुये विभिन्न जिलों में अलर्ट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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

ये प्लान्ट ब्यावर किशनगढ केकडी और श्रीनगर में लगाये जायेंगे इन पर करीब साढे तीन करोड रूपये खर्च होंगे और ये अगले दो महिने में तैयार हो जायेंगे

सीकर जिले में अधिक संकमण वाले क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से दवाईयों के किट वितरित किये जायेगें

उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया

सरकार ने निजी एम्बूलेंसों के अधिग्रहण का अधिकार भी जिला कलेक्टर को दिया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी गई है इसके लिए सरकार की ओर से अलग से फण्ड भी आवंटित किया गया है

केन्द्र वैक्सीन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के अनेक प्रयासों के साथ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के जरिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में सहयोग कर रहा है

इसके लिए पहले से किये गये पंजीकरेण मान्य होंगे

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानन्द गौड़ा ने बताया कि इसकी पर्याप्त उपलब्धता के लिए संशोधित आपूर्ति योजना जारी की गई है रेमेडेसिविर के उत्पादन और आवंटन को बढ़ा दिया है

लेकिन अर्धशहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है

इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है कोविड मरीजों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिये घर में क्वारंटीन लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करायी जानी चाहिए सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नियमित बाजार खुलने के प्रतिबंधित समय से उचित दर की दुकानों को छूट दी जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि उचित दर की द्वकानों को महीने के सभी दिन खोला जाए और दिनभर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए मंत्रालय ने कहा कि इससे कोविड नियमों का समुचित पालन करते हए सभी लाभार्थी सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अनाज ले सकेंगे

सीकर में भारत विकास परिषद की ओर से कोविड रोगी परिजन निःशुल्क आवास केन्द्र की शुरूआत की गई वहीं बीकानेर में राजस्थान युथ क्लब की ओर से जिले में सनेटाईजेशन का काम शुरू किया गया है

हमारे संवददाता ने बताया कि इसके तहत हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों और कोविड संकमण से मुक्त हो चुके लोगों को अलग अलग प्रकार के किट निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे है

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि चकवाती तूफान तौकते का असर प्रदेश में आज से शुरू हो गया है

वहीं बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने बैठक कर कोविड केयर सेन्टरर्स पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये